इन निर्देशों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों यानी कन्टेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से परामर्श के बगैर लॉकडाउन लागू न किया जाए यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

माईनेप प्रतियोगिता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में शिक्षा सुधारों में भागीदारी के लिए लोगों से मेरी शिक्षा मेरा भारत माईनेप प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है

शिक्षानीति मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की योजना संबंधित लोगों से विचार विमर्श की जा रही है इसे संमय सीमा में लागू किया जायेगा टिवट्र पर विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए श्री निशंक ने कहा कि समग्र शिक्षा को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जायेगा इस नीति में प्रोद्योगिक के इस्तेमाल और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है भविष्य में स्वयंप्रभा और दीक्षा जैसे ऑनलाइन पोर्टल का भी विस्तार किये जाने की योजना है गांधी प्रोग्राम आकाशवाणी भोपाल द्वारा कल विशेष कार्यक्रम महात्मा गांधी की कहानी आकाशवाणी की जुबानी प्रस्तुत किया जाएगा

इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये अशोकनगर में व्रद्वाश्रम में सामासजिक एवं निःशक्तजन कल्याण के प्रभारी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बुजुर्गों का सम्मान कर उन्हें फल वितरित किये वहीं खंडवा में आज से सेवा सप्ताह कार्यक्रम शुरू हुआ इस अवसर पर लॉयन्स क्लब द्वारा बुजुर्गों का सम्मान किया गया और उन्हें भोजन मिठाई वितरित की गई उमरिया में वृद्वों के स्वास्थ परीक्षण के साथ ही उनके लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई इस अवसर पर बुजुर्गों का सम्मान भी आयोजित होगा गुना में आयोजित एक कार्यक्रम में अपर जिला अध्यक्ष एके मिश्रा ने कहा कि सभी को वरिष्ठ नागरिकों की सेवा का संकल्प लेना चाहिए इस अवसर पर उन्होंने अपना घर वृद्धाश्राम का निरीक्षण कर बुज़ुर्गों से उनकी कठिनाई जानी और उन्हें दूर करने करने को कहा पन्ना में कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने एक विकलांग बुजुर्ग प्यारेलाल को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का भरोसा दिलाया पन्ना टाईग्र रिजर्व पन्ना टाईग्र रिजर्व पर्यटकों के लिए आज से खुल गया है

होशंगाबाद जिले के मढ़ई और चूरना में सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गई है

ग्रामीण बैंक पेंशनर्स एसोसियशन के प्रतिनिधि मंडल ने श्री चौहान से मुलाकात की और उन्हें तीन लाख एक हजार रूपये चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए दिया इसके साथ ही एसोसियशन ने एक लाख एक हजार रूपये का चेक प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए प्रदान किया गया है वन्यप्राणी सप्ताह भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आज से वन्यप्राणी सप्ताह का शुभारंभ हआ इस अवसर पर वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने फोटो प्रदर्शनी और विंध्य हर्वल संजीवनी केन्द्र का उदघाटन किया वन्यप्राणी सप्ताह के पहले दिन आज विहार वीथिका में वन्यप्राणियों पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई

जयंती कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन विभूतियों का स्मरण करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजीवन सत्यअहिंसा और नैतिक मूल्यों के प्रति अडिग रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया श्री चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी सादगी द्रढ़ता और राष्ट्रभक्ति अनुकरणीय है